उल्लंघन करने पर लगेगा एक लाख रूपये का जुर्माना

राज्य सरकार ने मरम्मत के बाद चालू किये चापाकलों को लेकर आ रही फर्जीवाड़ा की खबरों के बाद इनके भौतिक सत्यापन का आदेश दिया है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विशेष सचिव ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंताओं को पत्र निर्गत किया है पत्र में कहा गया है कि मरम्मत कर चालू किये गये चापाकलों का भौतिक सत्यापन कर एक सप्ताह के अंदर मुख्यालय को इसकी रिपोर्ट भेजी जाये गौरतलब है कि एक निजी टेलीविजन चैनल पर यह खबर दिखाई गयी है कि मरम्मत वाली सूची में वैसे चापाकलों भी दिखाये गये हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सौ दिन पूरे होने के अवसर पर विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों ने देश के कई हिस्सों में सरकार के कार्यों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार वर्ष दो हजार चौबीस तक हर घर में पीने का पानी पहुंचाने के प्रति वचनबद्ध है

भाजपा सांसद सह अभिनेता रवि किशन ने नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के सौ दिन में लिये गये फैसलों को ऐतिहासिक बताया है आज पटना में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में श्री किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को समाप्त कर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की गलतियों को सुधारा है सांसद ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भोजपुरी भाषा में फिल्म बनाएंगे और फिल्म में प्रधानमंत्री का किरदार वह स्वयं निभाएंगे राज्य सरकार ने डिजी लॉकर एप में लोगों द्वारा डाउनलोड किए गए अपने ड्राईविंग लाईसेंस और वाहन के पंजीकरण से संबंधित कागजात को मान्यता देने का फैसला किया है परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि डिजी लॉकर का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को अब भौतिक रूप से ये दोनों कागजात रखने की जरूरत नहीं है नई व्यवस्था से लोगों के समय की बचत होगी और दस्तावेजों की प्रमाणिकता सुनिश्चित हो सकेगी राज्य सरकार पूरे प्रदेश में एक सौ पचास से अधिक वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र खोलेगी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी पेट्रोल पंप और ऑटोमोबाईल कम्पनियों के सर्विस सेंटर में भी प्रद्रषण जांच केन्द्र खोलने का निर्देश दिया है जिस पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर पर प्रद्षण जांच केन्द्र नहीं होगा उन्हें नोटिस जारी किया जायेगा इसके अलावा राज्य के सभी प्रखंडों में कम से कम एक जांच केन्द्र खोला जायेगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि चन्द्रयान टू का लैंडर विक्रम प्ररी तरह सुरक्षित है और इसमें कोई ट्रट फूट नहीं हुई है इसरो के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लैंडर के साथ फिर से सम्पर्क करने का प्रयास जारी है कल ऑर्बिटर ने लैंडर विक्रम के लोकेशन का पता लगाया था और इसकी थर्मल तस्वीरें भेजी थी सारण और रोहतास जिले में अलग अलग घटनाओं में अपराधियों ने निजी फाइनेंस कम्पनी और पेट्रोल पम्प कर्मी से ग्यारह लाख रूपये से अधिक की राशि लूट ली पूलिस से प्राप्त जानकरी के अनुसार सारण जिले के बनियापुर बाजार में अपराधियों ने दिनदहाड़े एक निजी फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से आठ लाख बयासी हजार रुपये लूट लिये पूलिस ने बताया कि दोपहर बाद लगभग छह की संख्या में आये अपराधियों ने हथियार के बल पर कंपनी के कार्यालय में ग्राहकों और कर्मचारियों को बंधक बना कर घटना को अंजाम दिया अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है वहीं रोहतास जिले के नोखा थाना क्षेत्र अन्तर्गत बैंक में रूपये जमा कराने जा रहे पेट्रोल पम्प के कर्मचारी से अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर दो लाख तीस हजार रूपये लूट लिये पटना जिले में निजी स्कूल अब शैक्षणिक शुल्क में सात प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे पटना के प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने निजी स्कूल प्रबंधनों को इसके निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा श्री किशोर ने स्कूल में किताब कॉपी और पोशाक बिक्री बंद करने को भी कहा उन्होंने कहा कि अभिभावकों को यह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वे कहीं से भी इन चीजों की खरीद कर सके केन्द्र सरकार ने आज इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी के जरिये आधार से जुड़ी भुगतान प्रणाली सेवा की घोषणा की संचार इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस कदम से बैंकिंग सेवा से वंचित और अपर्याप्त बैंकिंग सेवा वाले इलाकों के लाखों लोगों तक वित्तीय सेवा की पहुंच सुनिश्चित करने में केन्द्र के प्रयास को बहुत मदद मिलेगी वे नई दिल्ली में बैंक की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे आज की शुरूआत से आईपीपीबी विशाल डाकघरों के नेटवर्क के जरिये किसी भी बैंक के ग्राहक को अन्तर संचालित बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने वाला देश में सबसे बड़ा तंत्र बन गया है श्री रविशंकर प्रसाद ने एक करोड़ ग्राहक बनाने के लक्ष्य को पूरा करने पर बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि अगले एक वर्ष में पांच करोड़ ग्राहक बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जाना चाहिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है अभ्यर्थी अठारह सितम्बर तक आवेदन कर सकेंगे परीक्षा का आयोजन सात नवंबर को होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इस बार सात विषयों के लिए परीक्षा ली जाएगी बीएड की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी ही परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे हालांकि कंप्यूटर साइंस में आवेदन करने वालों के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य नहीं है उन्होंने बताया कि शारीरिक शिक्षक के लिए भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि वर्ग नौ और दस के लिए पच्चीस हजार दो सौ सत्तर और उच्च माध्यमिक के लिए बारह हजार पैंसठ शिक्षकों की नियुक्ति होगी उन्होंने बताया कि रिक्त पदों के अनुरूप ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के रतनपूर मोहल्ला स्थित बालिका सुधार गृह से आज पांच बच्चियां फरार हो गयी जिनमें से चार को बरामद कर लिया गया है पुलिस ने बताया कि महिला गार्ड को बंधक बनाकर लड़कियों ने घटना को अंजाम दिया चार लड़कियों को सहरसा पटना राज्यरानी एक्सप्रेस ट्रेन से बरामद किया गया एक अन्य की तलाश में छापेमारी जारी है हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला की जंग में हुई शहादत की याद में मनाये जाने वाले मुहर्रम के दसवें दिन कल विभिन्न स्थानों पर ताज़िया और सिपहर ज़ुलूस निकाला जायेगा मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं मौसम विभाग ने अगले तीन से चार घंटों के दौरान पटना जिले में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की चेतावनी जारी की है इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका जतायी गई है अरवल जिले के कलेर प्रखंड में मसूदपूर गांव में सोन नदी में स्नान के दौरान तीन बच्चियों की डूबकर मौत हो गयी तीनों करमा पर्व पर स्नान करने गयी थी अररिया के जिलाधिकारी बैद्यनाथ प्रसाद यादव ने सेवाकाल के दौरान मृत सोलह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के निकटतम आश्रितों को चार चार लाख रूपये अनुग्रह सहायता राशि का चेक प्रदान किया शिवहर जिले के पुरनहिया थाना क्षेत्र के बसंत पट्टी गांव में अगलगी की घटना में कई घर जलकर नष्ट हो गये दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु रोग विभाग में आज से कंगारू मदर केयर यूनिट काम करने लगा है प्राचार्य डॉक्टर एचएन झा ने कहा कि इसकी शुरूआत हो जाने से बच्चों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सकेगी

उल्लंघन करने पर लगेगा एक लाख रूपये का जुर्माना